पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पूर्ण पीठ ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर दिये गये जस्टिस राकेश कुमार के अट्ठाईस अगस्त के आदेश को निरस्त कर दिया है पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जस्टिस राकेश कुमार को निष्पादित मामले पर स्वतः सुनवाई के लिए न प्रशासनिक और न ही न्यायिक अधिकार था लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में एक लाख डिजिटल गांव बनाये जायेंगे इन गांवों में सीएससी के जरिए सारी शहरी सेवाएं उपलब्ध होगी पटना में सातवीं आर्थिक गणना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तीस हजार सीएससी कार्यरत हैं जो सत्रह हजार गांव के लोगों को सारी सेवाएं डिजिटली उपलब्ध करा रहे हैं सीएससी के जरिए पेंशन और मनरेगा राशि के भुगतान के अलावा कानूनी सलाह भी दी जा रही है श्री प्रसाद ने कहा कि देश के ढाई लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों को मदद की तर्ज पर ही सूखा प्रभावितों की भी सहायता करेगी पटना में इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने जिलावर रोपनी की स्थिति और वर्षापात के बारे में जानकारी ली बैठक में वैकल्पिक फसल की योजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जिलावार रिपोर्ट आज राज्य सरकार को मिलेगी आपदा प्रबंधन विभाग ने केन्द्रीय टीम के दौरे के बाद जिलों को आज फाइनल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि तेरह जिलों के प्रारंभिक जांच में सत्ताईस सौ करोड़ रूपये के नुकसान का आकलन किया गया है अभी यह राशि और बढ़ने का अनुमान है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान एनआईएन उच्च रक्तचाप और मध्मेह जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए भोजन और आवश्यक जीवन शैली को प्रभावी रूप से लागू करने जा रहा है इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना शिक्षा और संचार के जरिए लागू किया जाएगा एनआईएन की निदेशक डॉ आर हेमलता ने बताया कि इस राष्ट्रीय संस्थान ने देश के सोलह राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वजन मोटापा और गैर संचारी बीमारियों के बारे में हाल में आंकड़ा तैयार किया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नये मसौदे में चिकित्सकों से मारपीट करने पर पांच साल तक की जेल और पांच लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस पर लोगों से तीस दिनों में आपत्तियां और सुझाव मांगे गये हैं द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिक स्टैबलिशमेंट नामक मसौदे के तहत डॉक्टर नर्स पैरा मेडिक स्टॉफ और एएनएम सभी को इस कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी इनसे मारपीट गैर जमानती अपराध होगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मुजफ्फरपुर में फॉल आर्मीवार्म कीड़े के प्रकोप और इससे मक्के की फसल की बर्बादी की खबर को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को इससे यथासंभव निपटने का निर्देश दिया है इसकी जांच के लिए पौधा संरक्षण के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर भेजी गयी है कृषि मंत्री ने इस वर्म से बचाव के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है प्रदेश के एक लाख किसानों को जैविक विधि से सब्जी की खेती के लिए अग्रिम इनपुट अनुदान दिया जायेगा यह अनुदान किसानों को जैविक खाद बीज और जरूरी सामान खरीदने के लिए फसल लगाने से पहले दिया जायेगा फिलहाल यह योजना जैविक विधि से सब्जी उपजाने के लिए है बाद में अन्य फसलों को भी इसके दायरे में लाया जायेगा कृषि निदेशालय को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है अगले साल रबी फसल से इसकी शुरूआत हो सकती है पहले यह योजना पटना नालंदा वैशाली और समस्तीपुर जिले में ट्रायल के तौर पर चलायी जा रही थी अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें लखीसराय बेगूसराय खगड़िया मुंगेर और भागलपुर जिले को भी शामिल कर लिया गया है अग्रिम अनुदान की राशि भी छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रूपये कर दी गयी है जैन समाज का दस दिवसीय पर्युषण पर्व आज से शुरू हो रहा है आत्मा की शुद्धी के लिए किया जाने वाला यह पर्व बारह सितम्बर तक चलेगा दिगम्बर जैन समाज इस दौरान जप तप और साधना के जरिए मन को निर्मल करता है कैमूर के कुदरा में जीटी रोड के किनारे स्थित एक निजी स्कूल के बाथरूम में छात्र का शव मिलने से आक्रोशित लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़ फोड़ की और जीटी रोड को घंटो जाम रखा मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को काबू में किया पूर्व मध्य रेलवे का दानापुर मंडल ट्रेनों के परिचालन में समय अनुपालन के मापदंड पर पहले स्थान पर रहा है जबकि फिरोजपुर मंडल दूसरे और अंबाला तीसरे स्थान पर रहा जारी रिपोर्ट के अनुसार दानापुर मंडल की समयबद्धता मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों में देश भर में सर्वाधिक अट्ठासी दशमलव चार सात फीसदी रही है मंडल रेलव प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि समय अनुपालन को लेकर और बेहतर प्रबंधन किये जा रहे हैं विजय हजारे ट्राफी के लिए बिहार टीम का चार दिवसीय चयन शिविर आज से दानापुर के जगजीवन स्टेडियम में शुरू हो रहा है इस प्रतियोगिता में बिहार का पहला मुकाबला पच्चीस सितम्बर को रेलवे से जयपुर में होगा सीवान जिले के रघुनाथपुर थाने के अध्यक्ष को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि रघुनाथपुर थाने के अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार पर अनुशासनहीनता और कई मामलों में न्यायालय में केस डायरी नहीं सौंपने का आरोप है पूलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के निर्देश पर इन आरोपों की जांच कराई गई पोषण विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राष्ट्र उद्यमशीलता प्रस्कार के लिए दस सितम्बर तक आवेदन मांगा है पटना जंक्शन स्थित ऑटो स्टैंड को खाली करवाने के विरोध में राजधानी के ऑटो चालक आज हड़ताल पर रहेंगे बांका जिले में सदर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर तीन कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है गोपालगंज जिले में रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने रेलवे टिकट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुये उसके दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है सारण जिले में मांझी थाना क्षेत्र के जयप्रभा सेतु के पास पुलिस ने छापेमारी कर चार सौ पैंसठ कार्टन विदेशी शराब के साथ आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने चन्द्रयान दो के लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से अलग करने की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है चन्द्रयान से अलग होकर विक्रम चांद छूने चला अखबार की एक अन्य सुर्खी है जस्टिस राकेश के अट्ठाईस अगस्त के सारे आदेश निरस्त दैनिक जागरण ने वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन के फिर से मिग ट्वेंटी वन उड़ाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है आसमान में अभिनंदन प्रभात खबर लिखता है छात्रवृति घोटाले में जिस आईएएस अफसर एसएमराजू को बिहार सरकार तलाश रही वह दिल्ली में कोन्द्रीय मंत्री से ले रहे हैं पुरस्कार दैनिक भास्कर की सुर्खी है कारोबारियों से बोले सीएम आपकी सुरक्षा के लिए सरकार मुस्तैद बुलंदी से काम करें